किन्नौर को छोड़कर प्रदेश भर में जनमंच कार्यक्रम आयोजित अधिकतर समस्याओं का मौके पर हुआ निपटारा मुख्यमंत्री की घोषणा प्रदेश के सभी ज़िला अस्पतालों में भरे जाएंगे फिजियोथैरेपिस्ट के पद चम्बा में आज दो बार महसूस हुए भूकम्प के हल्के झटके नुकसान का कोई समाचार नहीं सौ दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे कर लिए हैं

उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया है

उन्होंने कहा कि सभी के लिए आवास जल शक्ति भिशन आयुष्मान भारत किसानों की आय दोगुना करना उज्जवला योजना और तीन तलाक को गैर कानूनी करार देना सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है इस बीच केन्द्र सरकार के सौ दिन के कार्यकाल पर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कल शिमला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे

इनमें कैबिनेट मंत्रियों ने जन समस्याए सुनकर अधिकतर का मौके पर निपटारा किया जबकि शेष समस्याओं के अधिकारियों को जल्द समाघान के निर्देश दिए सिरमौर जिले में पच्छाद के फागू में विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिदंल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों से जन समस्याओं को गम्भीरता से लेने और बिना किसी देरी के उनका समाधान करने के निर्देश दिए

सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने शिमला जिले में चौपाल के धवास में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि भारी वर्षा से चौपाल क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री से अतिरिक्त वित्तीय मदद की मांग की जाएगी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई व जन स्वास्थ्य संड़क व अन्य स्विधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरूस्त किया जाएगा बिलासपुर जिले में नैनादेवी क्षेत्र के दयोथ में हुए कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गो का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है उन्होंने पोषण अभियान के तहत लोगों को पोषण की शपथ दिलाई और पौधरोपण भी किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मण्डी ज़िले के कोट हटली में जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनतम व्यक्ति तक विकास का लाम पहुंच रहा है उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की जहालमा पंचायत में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इसके तहत टोल फ्री नम्बर एक एक शून्य शून्य पर जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा चम्बा ज़िले में जनमंच कार्यक्रम चुराह क्षेत्र के बैरागढ़ में आयोजित किया गया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों से संवाद और समस्याओं का मौके पर समाधान करने का एक सशक्त माध्यम है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उपस्वास्थ्य केन्द्रो में जल्द ही दो हज़ार कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर तैनात करेगी कल्लू जिले का कार्यक्रम शमशी में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर की अध्यक्षता में हुआ

गोविंद ठाकर ने विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने जन शिकायतें सुनीं इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया

इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें उन्होंने कहा कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए धर्मशाला में इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है जनमंच के राज्य समन्वयक व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने सोलन विधानसभा क्षेत्र की कोठों पंचायत में जन शिकायतों का निपटारा किया उन्होंने अधिकारियों को इस कार्यक्रम में पूरी तैयारियों के साथ आने के निर्देश दिए ताकि समय रहते लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के कंदवाड़ी में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जन सुंस्याओं का मौके पर समाधान करने की दिशा में जनमंच एक महत्वाकांक्षी मंच है

मुख्यमंत्री राज्य सरकार सभी ज़िला अस्पतालों में फिजियोथैरेपिस्ट के पद प्राथमिकता के आधार पर भरेगी वहीं किन्नौर व लाहौल स्पीति के अलावा सभी ज़िला अस्पतालों में इस श्रेणी का एक अतिरिक्त पद सुजित किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में विश्व फिजियोथैरेपिस्ट दिवस के अवसर पर हुए एक सम्मेलन में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए सरकार इस संबंध में परिषद के गठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी

उन्होंने कारागार परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा का भी अनावरण किया धुमल हमीरपुर जिले में सुजानपुर भाजपा मण्डल की एक कार्यशाला आज टौणीदेवी में आयोजित की गई

कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल विशेष रूप से मौजूद रहे

भुकम्प चंबा जिले में आज भूकंप के दो झटके महसूस किए गए भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के न्कसान की कोई खबर नहीं है

भूकंप का केंद्र बिंदू चम्बा था

आग्र ह स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने राज्य सरकार से नेत्र बैंकिंग व्यवस्था में तुरंत व्यापक सुधार की मांग की है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि नेत्र बैंकिंग व्यवस्था में कई गम्भीर खामियां हैं जिससे पर्याप्त संख्या में प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने सरकार से सभी जिलों में नेत्र संग्रह केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया है शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व कोन्द्रीय कानून मंत्री व देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है